इनमें राय खड्ड पर आठ करोड़ बीस लाख रुपए से बने पुल और स्वान से डोई सड़क का लोकार्पण भी शामिल है मुख्यमंत्री ने ननखड़ी में विद्युत उपमंडल कार्यालय का उद्घाटन भी किया और करीब सवा सात करोड़ रुपए से बनने वाली खरेला करांगला सड़क का शिलान्यास किया उन्होंने कहा कि रामपुर क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी इस बीच मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की उन्होंने कहा कि यह मेला तिब्बत चीन और अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए जाना जाता है जयराम ठाकुर ने सदियों से मनाए जा रहे इस मेले की परंपराओं को बनाए रखने के लिए लोगों को बधाई दी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद रामस्वरूप शर्मा और मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा भी इस मौके मौजूद रहे महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में जल शक्ति मिशन के तहत एक हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे मंडी में आज विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि मिशन के तहत हर घर को पाईप के जरिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य है

इस बीच महेंद्र सिंह ने जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को जनहित के कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि काम को लटकाने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं होगी उन्होंने कहा कि धर्मशाला में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से प्रदेश में होने वाले निवेश से करीब तीन लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने वैज्ञानिकों से कृषि की आधुनिक तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का आह्वान किया है शिमला के मशोबरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान में एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि नई तकनीकों से किसानों को लाभ होगा

कृषि मंत्री ने रसायन युक्त खेती के दुष्प्रभावों पर भी प्रकाश डाला

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पोर्टमोर में बाल दिवस पर मेजर स्क्रीनिंग अभियान का शुभारंभ किया इसके माध्यम से ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा जिनकी आंखों की नजर कम है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला जिले के सराहन में स्कूली बच्चों से भेंट कर उन्हें बाल दिवस की श्रभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और उनके सही पालन पोषण व विकास से ही देश का विकास संभव है राज्य के अन्य स्थानों पर भी बाल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए ग्रैंड फिनाले इस बीच बाल दिवस के मौके पर शिमला में ग्रैंड फिनाले जूनियर मास्टर शैफ का आयोजन किया गया पर्यटन निगम व हिम आंचल शैफ एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने की इस मौके पर बच्चों ने अनेक हिमाचली स्वादिष्ट व्यंजन बनाए मुख्य सचिव ने बच्चों को पुरस्कार बांटे

न्यायालय ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रफाल सौदे में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी खारिज कर दी इस बीच प्रदेश भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी देश को गुमराह कर रही थी बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोगों से श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का आहवान किया है नाहन में आज एक धार्मिक समारोह के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री ग्रु नानक देव जी ने भाई चारे व अध्यात्म का संदेश दिया बिंदल ने कहा कि उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और उनसे लोगों को बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है मधुमेह आज विश्व मध्मेह दिवस है ये दिवस आम लोगों में इस बिमारी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता शिविर लगाए गए जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर गोपाल चौहान ने बताया कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी रैलियां निकाल कर लोगों को मध्यमेह से बचाव बारे प्रेरित किया गया गोपाल चौहान ने लोगों को मधुमेह से बचाव के लिए मीठे का उपयोग कम करने नियमित व्यायाम करने और ताजे फल खाने की सलाह दी है

मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे और जनजातीय क्षेत्रों में रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है

इसके मुताबिक कांगड़ा मंडी चम्बा कुल्लू लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के अनेक भागों में भारी वर्षा या हिमपात की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की चेतावनी के मददेनजर प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है

सेवा योजना राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शिमला के निकट राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शोघी में सात दिवसीय शिविर आज सम्पन्न हआ इस दौरान क्षेत्र के मुख्य स्थानों पर साफ सफाई की गई और स्कूली बच्चों व स्वयं सेवकों को अनुशासन तथा सेवा का पाठ पढ़ाया गया कैलाश फैडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया उन्होंने स्कूल के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता भी की और मेधावी बच्चों को पुरस्कार बांटे रवि मेहता ने बेहतर कार्य करने वाली एनएसएस स्वयं सेवकों को भी प्रस्कृत किया